बैठक में मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त मंत्रियों से नई सरकार के दृष्टिकोण और कामकाज को लेकर चर्चा की इस बैठक में मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे

जिसमें किसानों के दो लाख रूपये तक कर्जमाफी सहित एक दर्जन मामलों पर चर्चा की जायेगी मंत्री चेम्बर मध्यप्रदेश के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को आज मंत्रालय में अस्थाई कक्ष आवंटित किये गये जल्द ही इनके मंत्रालयों का बटवारा होने की उम्मींद है आर्य वचनपत्र पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष का कर्तव्य निभाएगी श्री आर्य ने कल बड़वानी जिले के सेंधवा में कहा कि सत्ता संभालने वाली कांग्रेस को अपने वचनपत्र के अनुरूप किसानों और अन्य वर्गों से किए गए वादे पूरे करने चाहिए ऐसा नहीं होने की स्थिति में भाजपा मजबूती के साथ किसानों और जनता की आवाज उठाएगी बैंक हड़ताल देश भर के बैंक अधिकारी कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं

कल से बैंकों में सामान्य रूप से काम शुरू हो जायेगा

यह इस कार्यक्रम का इक्यावन वां संस्करण होगा

भिंड दतिया सांसद डॉ भागीरथ प्रसाद कल पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहंचे प्रदेश में पहली बार सेगमेंटल लॉन्चिंग तकनीक का उपयोग इस पुल को बनाने में किया जा रहा है जो जल्द बनकर तैयार हो जाएगा निर्वाचक नामावली लोकसभा चुनाव के लिये फोटो निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य आज से शुरू हो गया नामावली में नाम जोड़ने संशोधन करने के लिये आवेदन आज से किये जा सकेंगे

शाम पांच बजे इसका उदघाटन होगा मथुरा की कृष्णलीला के साथ यह उत्सव शंरू होगा पांच दिनों कल चलने वाले इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही साहसिक खेलों का भी आयोजन होगा तानसेन समारोह ग्वालियर में चल रहे तानसेन समारोह के दूसरे दिन आज प्रातःकालीन सभा की शुरूआत स्थानीय शंकर गांधर्व संगीत महाविद्यालय के ध्रुपद गायन से हुई यखलेश बघेल ने इस सभा में धमार ताल पर प्रस्तुति दी वहीं युवा संतूर वादक विपुल राय ने भी लयकारी प्रस्तुत की

इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के लगभग ढ़ाई हजार खिलाड़ी भाग ले रहे हैं प्रतियोगिता में क्रिकेट खो खो और कराटे की प्रतियोगिताएं होगी

मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोगों को कड़ाके ठंड से हल्की राहत मिली है